विमानतल विस्तार केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभू और राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने आज जबलप्र के ड्रमना विमानतल में नए टर्मिनल भवन सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया

डुमना विमानतल के विस्तारीकरण से जबलपुर के विकास को एक नई दिशा मिलेगी और व्यापार भी बढ़ेगा शहीद सम्मान प्रदेश में कल शहीद सम्मान दिवस मनाया जायेगा इस अवसर पर प्रदेश भर के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जायेगा अर्द्वसैनिक बल या पुलिस में कार्यरत रहे प्रदेश के निवासी जिन्होने युद्ध सैनिक कार्यवाही आंतरिक सुरक्षा नक्सलवाद या आंतकवादी गतिविधियों के दौरान कर्तव्य पर रहते हुए अपना बलिदाने दिया है उनकी शहादत का सम्मान किया जायेगा इसी कड़ी में नीमच रायसेन खण्डवा सहित प्रदेश के अन्य जिलों में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जायेगा रायसेन में शहीद सम्मान समारोह के लिए जिला कलेक्टर श्रीमती एस प्रिया मिश्रा ने नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं वन मंत्री डॉ गौरीशंकर शेजवार सम्मिलित होंगे वही खण्डवा में शहीदों के परिवारजनों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जायेगा वहीं बड़वानी में भी शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम होगा

एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से बीएड एमएड बीए बीएड बीएससी बीएड बीपीएड एमपीएड बीएड एमएड और बीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जा सकता है

गोपाल भार्गव प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम सभा सशक्त माध्यम है इनसे प्रत्येक ग्रामवासी ग्राम विकास में भागीदार बन सकता है श्री भार्गव ने कहा है कि ग्राम सभा निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके कार्यों का सामाजिक मूल्यांकन करती है इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक ग्रामवासी अनिवार्य रूप से ग्राम सभा में भागीदारी दर्ज करवाये

आयुक्त पंचायत राज शमीम उद्दीन ने बताया कि ग्राम सभाओं में जिला कलेक्टर की ओर से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी ग्रामसभा की सूचना पंचायत भवन के सूचना पटल और सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये हैं जल महोत्सव खंडवा के हनुवंतिया में चौथा जल महोत्सव आगामी आठ दिसम्बर से शुरू होगा

इस बार जल महोत्सव के दौरान एडवेंचर गतिविधियों पर विशेष रूप से फोकस रहेगा चौथे जल महोत्सव आयोजन की तैयारियों संबंधी बैठक में यह जानकारी दी गई इस मौके पर पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक टी इलैया राजा और ट्ररिज्म बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक भावना वालिम्बे समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे

वॉटर स्पोर्टर्स कॉम्प्लेक्स में विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएगी

आज से जिले में ही पासपोर्ट बनने शुरु हो गए है विदेश मंत्रालय एवं भारतीय डाक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पोस्ट ऑफिंस पासपोर्ट सेवा केन्द्र का उदघाटन आज प्रधान डाकघर होशंगाबाद में किया गया पासपोर्ट सेवा केन्द्र का उद्घाटन सांसद राव उदय प्रताप सिंह विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीतासरन शर्मा की मौजूदगी में किया गया गौरतलब है लोगों की जरुरतों को देखते हुए सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने विदेश मंत्रालय से जिले में कार्यालय खोले जाने की मांग रखी थी जिसे मंत्रालय ने स्वीकार किया था महाकाल सवारी उज्जैन में श्रावण माह के तीसरे सोमवार को आज महाकाल की तीसरी सवारी निकाली गई

मंदिर के सभामण्डप में श्री महाकालेश्वर भगवान के पूजन के बाद सवारी निकाली गई जो श्री महाकाल मंदिर से शुरू होकर रामघाट से होती हुईे क्षिप्रा नदी के जल से अभिषेक और पूजन के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर में वापस आई जिला प्रशासन ने सवारी के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए है वहीं ओंकारेश्वर में भी भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की संवारी में हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए शाजापुर जबलपुर में कांवड़यात्रा निकाली गई मानव अधिकार आयोग मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने रायसेन में जिला अस्पताल द्वारा नार्मल डिलेवरी को आपरेशन बताकर भोपाल रेफर करने के मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से दो सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है वहीं सेंट जोसफ स्कूल ईदगाह हिल्स के प्राचार्य पर नौकरी देने के नाम पर महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस उप महानिरीक्षक से दो सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है वही सीहोर के थानेदार द्वारा अपनी अधीनस्थ महिला आरक्षक के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस अधीक्षक से दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है

स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय उपहार योजना में जन सामान्य को प्रोत्साहित करने के लिये निर्देश भी दिये हैं विद्यालय उपहार योजना में सभी सरकारी विद्यालय अपनी विद्यालयीन आवश्यकताओं को चिन्हित कर उनकी पूर्ति के लिये समाज से उपहार प्राप्त कर सकते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों के भौतिक और अकादमिक विकास के लिये समाज से वस्तू रूप सहायता उपहार के रूप में प्राप्त करना है स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल पर विद्यालय उपहार नाम से मॉड्यूल उपलब्ध करवाया गया है

इसके चलते कल बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत नवनिर्मित बिलगढ़ा बांध से पानी छोड़ा गया

वहीं बड़वानी जिले में पंजीयन तीन चरणों में किया जायेगा